उन्होंने कहा कि जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से सस्ती दवाएं उपलब्ध कराकर पिछले एक साल के दौरान लोगों की एक हजार करोड़ रूपये की बचत की गई है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में समग्र सुधार लाने का प्रयास कर रही है और उसका प्रयास समस्याओं को टालने की बजाय उसका समाधान करना है नये सिक्के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्कों की नई श्रृंखला जारी की है इनसे विशेष रूप से दृष्टि बाधित लोगों को आसानी होगी एक दो पांच दस और बीस रूपये के ये सिक्के नई दिल्ली में आज एक समारोह में जारी किये गये जहां दृष्टिबाधित बच्चे विशेष रूप से आमंत्रित किये गये थे सिक्के जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आखरी व्यक्ति तक पहुंचने के संकल्प से काम कर रही है श्री मोदी ने कहा कि नई श्रंखला के इन सिक्को में कुछ विशेषताएं हैं जिनसे दृष्टिबाधित लोगों को रोजमर्रा के लेनदेन में काफी सहुलियत होगी

जन अभियान परिषद पर पूछे गये एक सवाल के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है उन्होंने कहा कि वे किसी भी सरकारी संस्था के राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ है और यह नहीं होने देंगे इसके साथ ही श्री कमलनाथ ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बिजली की दरें कम की हैं उन्होंने कहा कि फिल्म स्टार सलमान खान को प्रदेश का ब्रांड एम्बसेडर बनाने पर विचार किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि सलमान खान से उनकी इस बारे में चर्चा हुई है

वे मुख्य रूप से पर्यटन के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिये कार्य करेंगे लोकपाल उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक की तारीख दस दिन के भीतर बताने को कहा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रशांत भूषण की वह याचिका रद्द कर दी जिसमें लोकपाल चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के प्रस्तावित नाम सार्वजनिक करने का अनुरोध किया गया था

जिला अस्पताल श्रेणी में जबलपुर को प्रथम पुरस्कार जिला अस्पताल होशंगाबाद को द्वितीय पुरस्कार जिला अस्पताल पन्ना एवं रतलाम को तृतीय पुरस्कार दिये जायेगे इसी तरह सिविल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रेणी में भी ये पुरस्कार दिये जाएंगे रेत खनन नीति मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नई रेत खनन नीति का मसौदा तैयार करने के लिये मंत्रि परिषद की उप समिति गठित की है समिति अपनी अनुशंसा एक माह में प्रस्तुत करेगी उप समिति के अध्यक्ष वित्त मंत्री तरुण भनोत होंगे समिति के सदस्यों में वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल लोक स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल और नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्र सिंह शामिल हैं

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन देख सकते हैं इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं कैन्द्रीय विद्यालय कैन्द्रीय केबिनेट समिति ने प्रदेश के ग्वालियर आगरमालवा अलीराजपुर अनूपपुर मंदसौर के शामगढ में नये केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की मंजूरी दी है आज नई दिल्ली मे हुई कैन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई

इन विद्यालयों का असैन्य और रक्षा क्षेत्रों में खोले जाने का प्रस्ताव है

इससे उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा में सुधार की आशा है अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज सागर में पार्टी के संभागीय संयोजक पालक और बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हए कहा कि उनकी सरकार देश के सभी लोगों के कल्याण के लिये काम कर रही है एक तरफ हमने रक्षा बजट को बढ़ाकर देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है

इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेता भी सम्मेलन में उपस्थित थे महिला दिवस कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है

महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि यह सम्मान महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को दिया जाता है इस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन स्टॉप सेंटर नाम की एक गैर सरकारी संस्था और एक राज्य को भी यह सम्मान दिया जायेगा वहीं प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबला दिवस के रूप में मनाया जायेगा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आज भोपाल में बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध है साथ ही विकास कार्यो में महिलाओं की भागीदारी बनाने के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवा रही है मौसम प्रदेश के तापमान में बदलाव होने से विभिन्न स्थानों पर अभी रात ठंडी बनी हई है वहीं दिन में तेज धूप की वजह से गर्मी महसूस की जा रही है

मौसम विभाग ने एक दो दिन तापमान में ऐसे ही उतार चढ़ाव का अनुमान जताया है

इसमें बैंक रिकवरी मोटर द्र्घटना दावा श्रम विवाद विद्युत और जलकर से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा